ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास हो चुका है और जल्द ही इसे राज्यसभा से मी पास करवा दिया जाएगा

लोकदर्शन प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग उतर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और कुल्लू जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मनाली स्थित मनुरंगशाला में आज से आठ जुलाई तक हिमाचल लोक दर्शन कार्यकम आयोजित किया जाएगा भाषा व संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर के कलाकार अपने पारंपरिक लोकनृत्यों और लोक गीतों की प्रस्तृतियां देंगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने को लिए कुल्लू मण्डी व लाहौल स्पिति के शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी मी लगाई जाएगी

पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे रजनी पाटिल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों व नेताओं से फीड बैक लेंगी आवेदन डाक विभाग द्वारा डाक टिकट संग्रहण छात्रवृत्ति के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं हालांकि बीती रात किन्नौर जिले में हल्की बारिश हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक के अनुसार कांगड़ा कुल्लू में चुनाव आचार संहिता लागू पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से शीर्षक दिया है हिमाचल सरकार मानसून से निपटने के लिए तैयार दैनिक जागरण लिखता है आज व कल बारिश से सावधान रहे हिमाचल अलर्ट जारी दैनिक भास्कर की एक खबर है कालाअंब में ट्रांसमिशन लाइन न बिछाने पर हिमाचल को पांच करोड़ की पेनल्टी दागी अफसरों की जल्द करो जांच शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए आदेश शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें स्टेटस रिपोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है एसडीएम सोलन का वेतन रोकने के आदेश अमर उजाला के मुताबिक कोर्ट ने लगाई एसडीएम सोलन के वेतन पर रोक दैनिक जागरण ने खबर दी है एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त आज लौटेंगे काम पर

आपका फैसला ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के हवाले से लिखा है आरक्षण से छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं मोदी सरकार शिमला के पुराने बस अड्डे तक चलेगी टॉय ट्रेन ट्रायल सफल शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है मंडी में द ग्रेट खली के रेसलिंग शो से संबंधित खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है रिंग में उतरे खली और महिला रेसलर एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बेटियां कितनी अनमोल में ऊना जिले में घटते लिंगानुपात पर चिंता जताई है